राजधानी क्षेत्र ईटानगर में आज भारी वर्षा के चलते भूस्खलन से तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य व्यक्ति का भी पता नही चल पाया है

राष्ट्रीय आपदा त्वरित बल का एक दल प्रभावित इलाके में राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाओं से जल आपूर्ति भी प्रभावित है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतको के निकट संबंधी को अनुग्रह राशि के रुप में चार लाख़ रुपये तत्काल जारी करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों से मॉनसून के दौरान अलर्ट रहने का निर्देश दिया है वेस्ट सियांग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या तेरह और प्रदेश की कई अन्य सड़को पर भूस्खलन से यातायात पर असर पड़ा है राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने आज राजभवन में पूर्वोत्तर राज्यों के पुलिस महा निदेशको आई जी पी केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों को संबोधित किया राज्यपाल ने पुलिसबलों से पादर्षिता ईमानदारी और जनता के प्रति जवाबदेही की भावना से कार्य करने को कहा उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र की विविदता को ध्यान में रखते हुए उनके बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया अनाथालय और शरणालयों में बालक बालिकाओं और महिलाओं के दयनीय स्थिति के मद्देनजर राज्यपाल ने समुचित तरीके से जांच करते रहने का सुझाव दिया उन्होंने पुलिस महा निदेशकों से अंतर्राज्यीय मुद्दों के समाधान के लिए संगठनो के लिए नियमित बैठक करने को कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के गरीबों को आयुष्मान कार्यक्रम का लाभ मिलेगा यह कार्यक्रम इस महीने के पच्चीस तारीख से शुरु होगा इसके तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के जरिए दस करोड़ गरीब और वंचित परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है इस महीने की सत्रह से पच्चीस तारीख तक सेवा सप्ताह मनाया जायेगा प्रधानमंत्री ने कल अरुणाचल पश्चिम गाजियाबाद हजारीबाग जयपुर ग्रामिण और नवादा के पांच लोक सभा क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ताओं को नमोः ऐप के जरिए संबोधित करते हुए यह बात कही अपर सुबनसिरी जिला प्रशासन द्वारा कल जिले के सिप्पी गाँव में सरकार आपके द्वार शिविर लगाया गया इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के बाईस विभागों ने जन जन तक अपने सेवाए पहुंचाने के लिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया शिविल के दौरान सिप्पी चेताम गिबा और निलिंग जैसे दूरदराज के ब्लॉक के नागरिकों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया इधर तिरप जिले के देओमाली में आयोजित सरकार आपके द्वार सिविर में जन आपूर्ति मंत्री वांकी लोवांग ने विभिन्न विभागों की योजनाओं और सेवाओं का जायजा लिया उन्होंने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र और सामाग्री वितरित किया मूख्यमंत्री के सलाहकार और स्थानीय विधायक लोम्बो तायेंग ने कल ईस्ट सियांग जिले के सुल्क गांव के सत्तानवें परिवारों को सी जी आई सीट वितरित किया उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बजट में प्रत्येक ब्लॉक के विकास के लिए एक करोड़ रुपए आवंटित किया है विधायक लोम्बो तायेंग ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश को गरीबी और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कई जन कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं श्रु की है उन्होंने जिला प्रशासन से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जागरुकता पैदा करने को कहा न्यायमूर्ति रंजन गोगोई भारत के अगले प्रधान न्यायधीश होंगे वे अगले महीने की दो तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे प्रधान न्यायधीश दीपक मिश्रा का स्थान लेंगे न्यानमूर्ति गोगोई करीब तेरह महीने के कार्यकाल के लिए तीन अक्टूबर को पदभार संभालेंगे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में अरुणाचल प्रदेश में स्थित दस बटालियन के लिए जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर पद पर चयन हेत् योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है विज्ञप्ति के अनुसार तीन वर्ष की अवधि के लिए लोहितपुर किमिन पेगोंग दिरांग आलो तेजू यूपिया बासार पाकोंग और बोमडिला स्थित आई टी बी पी बटालियन के लिए जी डी एम ओ के रिक्त पदो की संख्या सोलह है

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एम एम खनविल्कर तथा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस संबंध में आज केंद्र और सभी राज्यों को कई निर्देश दिए ये निर्देश कुष्ठ रोग को समाप्त करने और इसके मरीजों के पुनर्वास के लिए दिए गए हैं पीठ ने कहा कि निजी और सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा कर्मियों को यह सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील बनाया जाए कि कुष्ठ रोगियों को किसी भेदभाव का सामना न करना पड़े शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि जागरुकता अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि कुष्ठ रोगी अलग थलग न पड़ जाएं बल्कि उन्हे सामान्य वैवाहिक जीवन जीने के अवसर मिल सकें